विपक्षी दलों ने तीन तलाक विधेयक को जांच के लिए प्रवार समिति में भेजे जाने की मांगकी और भारी हंगामा किया

लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के आरोपो का जवाब देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए तैयार है उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि मुख्य विपक्षी पार्टी विमान सौदे पर चर्चा कराने से क्यों भाग रही है इससे पहले कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने विमान सौदे की जांच संसदीय संयुक्त समिति से कराने की अपनी मांग दोहराई भारतीय जनता पार्टी ने ऑगस्टा वेस्टलैंड के मामले में कहा है कि जब से क्रिश्चियन मिशेल का इस मामले में प्रत्यर्पण हआ है कांग्रेसी नेता बौखला रहे है पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इटली के मिलान शहर के कोर्ट के फैसले में सोनिया गाँधी और अहमद पटेल के नाम सामने आये है श्री राठौड़ ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के फैसलों से जनता निराश है किसानों की कर्ज माफी और युवाओं को दिये जाने वाले बेरोजगारी भत्ते के सन्दर्भ में कोई ठोस काम नहीं हुए है पंचायत चुनावों में शैक्षणिक योग्यता समाप्त करके कांग्रेस प्रोग्रेसिव कानून को समाप्त कर रही है

बैठक में विधायक जोगिंदर अवाना वाजिब अली और ॅअमर सिंह भी मौजूद थे ै बैठक में दोनों मंत्रियों ने आम आदमी को राहत देने के लिए सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक पहंचाने के निर्देश दिए श्री गर्ग ने संभाग के सबसे बडे आरबीएम अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधारने के भी निर्देश दिए

श्री खाचरियावास ने आज सचिवालय में अपना पदभार संभालने के बाद मीडिया से कहा कि इसके लिए प्रधानमंत्री और केन्द्रीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्री से बात की जाएगी उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार जनता के बीच जाकर सबसे खुलकर बात करेगी और उनकी समस्याओं का समाधान करेगी

श्री मीना ने आज अपना पदभार संभालने के बाद मीडिया से कहा कि राज्य में निवेश लाने के लिए समयबद्व तरीके से काम किया जाएगा उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीयों तथा निवेश करने वाले अन्य लोगों से बात की जाएगी और निवेशकों की सुविधा आदि का ध्यान रखते हुए नीति बनाई जाएगी

शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने आज जयपुर में राजस्थान स्टेट ओपन स्कल के परीक्षा परिणाम जारी करते हुए मीरा और एकलव्य पुरस्कार की राशि ग्यारह हजार रूपए से बढाकर इक्कीस हजार रूपए करने की घोषणा की

उन्होंने कहा कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की परीक्षाओं में अधिक से अधिक अभ्यर्थी बैठे इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार द्वारा ओपन स्कूल के राजकीय संदर्भ केन्द्रों में कम्प्यूटर प्रिंटर प्रोजेक्टर और अन्य आवश्यक सामग्री के लिए साढे पांच करोड रूपए की राशि का प्रावधान किया जाएगा

चिकित्सा शिक्षा सचिव हेमंत गेरा ने स्वाइनफ्लू मामलों की जल्द पहचान उपचार और विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए साथ ही उन्होंने स्वाइनफलू से बचाव के लिए व्यापक स्तर पर जन जागरूकता गतिविधियां चलाने के निर्देश दिए

राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि नये वर्ष में हमें नये सिरे से मंथन करना होगा और नई आशा और दृढ विश्वास के साथ भावी चुनौतियों के लिए अपने आपको सक्षम बनाना होगा श्री गहलोत ने आशा व्यक्त की है कि नया साल प्रदेशवासियों के जीवन में सुख शांति और समुद्धि लाएगा और सामाजिक सद्भावना की हमारी महान् और गौरवशाली परम्परा को आगे बढ़ाने वाला वर्ष होगा

लोग अपने अपने तरीके से नये साल का स्वागत करने में जुटे हए है होटलों शोपिंग मॉल्स और बाजारों में खास सजावट की गई है कई स्थानों पर नृत्य संगीत के रंगारंग कार्यक्रम होंगे वहीं विभिन्न संस्थानों और संगठनों की ओर से दध वितरण कर नये साल का अभिनंदन किया जायेगा विभिन्न मंदिरों में भी भजन कीर्तन और प्रसादी वितरण के कार्यक्रम होंगे प्रदेश में नववर्ष के स्वागत के लिये बडी संख्या में देशी विदेशी सैलानी आये हुए है जिससे पर्यटन स्थलों पर अच्छी रौनक बनी हुई है और पर्यटन व्यवसाइयों में खास उत्साह नजर आ रहा है सवाईमाधोपुर के रणथम्भौर में अच्छी तादाद में पर्यटकों की आवक हुई है

स्वर्ण नगरी जैसलमेर के रेतीले धोरों का आनंद लेने के लिये भी सैलानियों में उत्साह है नागौर में भी नये साल के आगमन पर जश्न की तैयारियां जोर शोर से चल रही है

नागौर पाली सिरोही श्रीगंगानगर सवाईमाधोपुर धौलपुर दौसा और उदयपुर में भी पाला पड़ने की संभावना है इसी तरह भरतपुर अलवर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ सीकर चूरू हनुमानगढ़ में शीतलहर का असर रहेगा